प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इस साल पहली जून से शूरू की गई थी इसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुडो गतिविधियां शुरू करना है

प्रधानमंत्री की लाभार्थियों के साथ होने वाली इस वार्ता का दूरदर्शन समाचार पर सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रदेश ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है राज्य सरकार ने इस योजना के तहत देश में सबसे अधिक संख्या में ऋण मंजूर किये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे डिस्पैच राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन स्वीकृति और कर्ज के वितरण में पहला स्थान मिला है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय ध्वज पर महबूबा मुफ्ती के वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा है कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल अस्वीकार्य है आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत का गौरव और पहचान है अपनी टिप्पणी में पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मोर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वह जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल होने के बाद ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि चिकित्सा संस्थान कौशल तकनोक संवर्धन के साथ स्थानीय संसाधनों और श्रम शक्ति को सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सहयोग करें उन्होने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शिक्षण संस्थाओं को अवसर मिला है कि वे समाज की वर्तमान चुनौतियों के समाधान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करके ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके राज्यपाल आज वचुअल माध्यम से अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर रही थीं इस भवन में आधुनिक पुस्तकालय कंप्यूटर कक्ष और प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के लिए शोध करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के अतर्गत औषधियों की उपयोगिता और उनके हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार की जन औषधि योजना में जन साधारण को सस्ती औषधि उपलब्ध कराने में फार्मेसी संस्थाओं का प्रमुख योगदान है ग्रामीण अंचलों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा स्वस्थ इंडिया योजना के अंतर्गत मोल का पत्थर साबित होगी राज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी बहुत आवश्यक है दश का सत्त विकास इसी पर टिका हुआ है गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने और एक समान प्रगति के लिए वैज्ञानिक समुदाय के कार्यो से लाभ उठाना जरूरी है

जयंती स समारोह के अवसर पर आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के चुने हुए भाषणों के अंश प्रसारित कर रहा है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

कोरोना से संबधित दिशा निर्देशों सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि जिन जनपदों में पॉजिटीविटी दर ज्यादा है उन जनपदों में विशेष ध्यान दिया जाये और टेस्टिंग की क्षमता बढाई जाये

प्रदेश में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कोरोना प्रोटाकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपदों में आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरो चर्चा में भाग लेंगी